उधर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी व्हीएल कान्ता राव ने आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों के संबंध में एक बैठक के दौरान कहा कि लोकसभा निर्वाचन की तैयारियाँ शुरू हो चुकी हैं अधिकारियों की पद स्थापना और स्थानांतरण तथा मतदान केन्द्रों तथा मतदाता सूची के संबंध में प्रारंभिक कार्यवाही की जा रही है

सीबीआई मेघालय में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के अधिकारी आज शारदा चिटफंड घोटाले के सिलसिले में कोलकाता के पुलिस आयुक्त राजीव कुमार से पूछताछ कर रही है सीबीआई ने वकील और अन्य अधिकारियों से सीबीआई परिसर छोड़ने को कहा है आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि पूछताछ तीन चरणों में की जाएगी

तबादलों से भोपाल इंदौर जबलपुर ग्वालियर सहित कई जिलों में इन अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक स्थानांतरित किया गया है लोकसभा चुनाव से पहले इसे सरकार द्वारा पुलिस प्रशासन में बड़ी सर्जरी के तौर पर देखा जा रहा है हालांकि इसमें से कुछ अफसरों को हाल ही में स्थानांतरित किया गया था समिति बैठक राज्य शासन द्वारा आदिम जनजाति स्वामित्व की भूमि के प्रबन्धन के लिये गठित समिति की पहली बैठक कल मंत्री ओमकार सिंह मरकाम की अध्यक्षता में मंत्रालय में सम्पन्न हुई

उन्होंने कहा कि इनकी जमीन में सिंचाई के लिये नदी नाले एवं बरसात के पानी को पम्प द्वारा पहँचाने की व्यवस्था करना आवश्यक है श्री सिंह ने कहा कि खनिज संपदा से भरपूर आदिवासियों की बहुमूल्य जमीन का उन्हें उचित मूल्य दिलाने के लिये अधिग्रहण की प्रक्रिया को और अधिक सरल बनाया जाये समिति के अध्यक्ष एवं जनजातीय कार्य मंत्री ओमकार सिंह मरकाम ने कहा कि सभी सुझावों पर अमल किया जायेगा अंशकालिक संवाददाता आकाशवाणी भोपाल के प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा अंशकालिक अनुबंध के आधार पर इन्दौर मंदसौर रतलाम बालाघाट मंडला और निवाड़ी जिलों में संवाददाताओं से आवेदन आमंत्रित किये गये हैं अंशकालिक संवाददाता पीटीसी के लिए आवेदक के पास पत्रकारिता की डिग्री या डिप्लोमा और पत्रकारिता में कम से कम दो वर्ष का अनुभव होना चाहिए

आवेदन पत्र आकाशवाणी भोपाल से भी प्राप्त किये जा सकते हैं मौसम पश्चिमी विक्षोभ के कारण पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी और राजस्थान में हवा के ऊपरी भाग में चक्रवात के कारण हुई बारिश से प्रदेश एक बार फिर से ठंड शुरू हो गई है

साथ ही टीकमगढ़ छतरपुर निवाड़ी पन्ना सतना रीवा सीधी सिंगरौली उमरिया शहडोल और कटनी जिलों में न्यूनतम तापमान में गिरावट की संभावना है राजधानी भोपाल में भी ठंडी हवाओं के चलते ठंड और बड़ने के आसार हैं विभाग के अनुसार फिलहाल तीन से चार दिन तक मौसम का मिजाज ऐसा ही बना रहेगा

मंडला जिले में नर्मदा जयंती के अवसर पर अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया जायेगा